प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बलिया में करेंगे एक च्नावी रैली को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखप्र महराजगंज और देवरिया में कीं चुनावी सभाएं सपा बसपा और रालोद गठबंघन की संयुक्त रैलियां गोरखपुर और गाजीपुर में हई आयोजित उच्चतम न्यायालय ने भीषण गर्मी और रमजान के मद्देनजर मतदान निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले कराने की मांग की याचिका खारिज की प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान हई विभिन्न द्र्घटनाओं मे तेरह लोगों की मौत लोकसभा चुनाव के छह चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद अब आखिरी और सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी समाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं इसी क्रम में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महराजगंज और देवरिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विकास प्रक्रिया को अनवरत जारी रखने के लिये भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा को अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है और इसी कुंग के चलते विपक्षी दल अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जाति पूछ रहे हैं उन्होंने कहा कि छह चरणों के चुनाव में उन्हें जिस तरह से जनता का सम्थन मिला है सातवें चरण में भी यही उत्साह देखने को मिल रहा है श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण में हैं और महिलाएं सुरक्षित है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां देश का विकास हो रहा है वहीं भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है प्रदेश में सातवें चरण की प्रतिष्ठित गोरखपुर और गाजीपुर की सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सपा बसपा और रालोद के प्रमुखों ने कल वहां संयुक्त चुनावी रैलियों को संबोधित किया रैली में सपा अच्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी दी जायेगी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने में असफल साबित हुई है

उन्होंने कहा देश के विरोषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय अन्य मेहनत करा लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्यक प्रलोमन भरे चुनावी वायदे किये थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नही किया है गठबंधन की रैली को रालोद अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने भी संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभान्वित किया है उन्होंने कहा कि जनता इस बार दोबारा गलती करने वाली नहीं है उधर सोनभद्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाषा उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं राज बब्बर ने कहा कि अगर जीएसटी और नोटबंदी का फैसला अच्छा था तो प्रधानमंत्री इनके नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री भी विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल घोसी और वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री साध्यी निरंजन ज्योति तथा प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कूशीनगर में और मंत्री दारा सिंह चौहान ने चंदौली लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज बलिया में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रचार स्थलों के बारे में नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है नई दिल्ली में वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत का निपटारा कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस प्रावधान से छूट मिली हुई है जिसके तहत मंत्रियों के सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से जोड़ने पर रोक है निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को इस सम्बन्ध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों की प्रतियों के साथ चार मई को पत्र भेजा था उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग वाली उस याचिका को कल खारिज कर दिया जिसमें भीषण गर्मी और रमजान माह को देखते हुए लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में मतदान का समय सुबह सात बजे के स्थान पर सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू करने की बात कही गई थी न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार की उस याचिका की सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दो हजार अट्ठारह बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को समाप्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है मामले की सुनवाई सत्रह मई को होगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोधकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे विश्व की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए नई विचारधारा और सोच के साथ आगे आयें कल नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने लोगों के स्वास्थ्य की देखमाल गरीबी उन्मूलन शहरी ग्रामीण भेदभाव को कम करने और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए नये और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है बसपा प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अलवर दुष्कर्म मामले में हमला बोलते हुए कहा कि वह इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं मायावती ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का दलित प्रेम झूठा है वे सिर्फ दलित वोटरों का वोट पाने के लिये उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि उनकी जाति गरीबों की जाति है केवल दिखावा है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में तेरह लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गये मुरादाबाद जिले के डिलारी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस सुत्रों के अनुसार जिले के भाजलपुर गांव से करीब तीस लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर नाखुनका गांव में एक जन्मदिन समारोह में गये थे देर रात करीब पौने दो बजे सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से वापस अपने गांव लौट रहे थे गांव के कुछ पहले ही अचानक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई उधर जौनपुर में मछलीशहर बदलापुर मार्ग पर राशन लेने जा रही मां बेटी को पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी बेटी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया उधर बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की मृत्यु हो गई जबकि उसका पुत्र गंमीर रूप से घायल हो गया वहीं गाजीपुर जिले के नन्दगंज क्षेत्र में कल कुए की सफाई करने उतरे चार मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई पुलिस अधीक्षक अरविन्द चतुर्वेदी ने बताया कि क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुराने कुएं की सफाई के लिये गांव के ही पांच मजदूरों को लगाया गया था जिसमें से चार मजदूर कुएं में उतर गये कुछ ही देर में सबकी हालत बिगड़ने लगी और जब तक लोग कुछ कर पाते एक एक कर चारों युवकों की मौत हो गई घटना के बाद गांव में व्याप्त तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है